आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का संकल्प और नियम का पालन इस संकट से निपटने में सहायक होगा

श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में आज जो कुछ भी घट रहा है उसमें यही एकमात्र विकल्प बचा था प्रधानमंत्री ने लोगों को हो रही कठिनाइयों के लिए क्षमायाचना भी की बाइट मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं आपकी परेशानी भी समझता हूं

कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है कठिनाई हुई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान नियम तोड़ने वाले अपन जीवन से खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मूश्किल हो जायेगा बाइट ये लॉकडाउन आपको खुद के बचने के लिए है आपको अपने को बचाना है अपने परिवार को बचाना है अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है साथियो मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जायेगा श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण है इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिनके बारे में विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया श्री मोदी ने कहा कि हमें गरीबों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा संकट की इस घड़ी में जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ति दिखे तो सबसे पहले उसे खाना खिलाने का प्रयास करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और यह ज्ञान विज्ञान अमीर और गरीब मजबूत और लाचार सब के लिए एक चूनौती के रूप में सामने आया है उन्होंने कहा कि यह वायरस न ता किसी राष्ट्र की सीमा में बंधा है और न ही यह कोई क्षेत्र या कोई मौसम देखता है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेक योद्वा हैं जो घरों में नहीं बल्कि घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि अग्रिम मोर्चे पर डटे हमारे ये सैनिक हैं हमारी नर्स बहनें डाक्टर और पैरा मेडिकल स्टॉफ उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं बाइट इस लड़ाई के अनेकों योद्वा ऐसे हैं जो घरों में नहीं घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं

खास करके हमारी नर्सेस बहनें हैं नर्सेस का काम करने वाले भाई हैं डॉक्टर हैं पैरा मेडिकल स्टाफ हैं ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है

प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों के प्रति या घर में विशेष निगरानी में रखे जा रहे लोगों के प्रति लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं बाइट मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें कोरोना वायरस के संदिग्ध ऐसे जिन्हें होम क्वारेंटाइन में रहने को कहा गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा वर्ताव कर रहे हैं ऐसी बातें सुनकर मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमें ये समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दूसरे से सिर्फ सोशल डिस्टेंलस बनाकर रखना है न कि इमोशनल या ह्यूमन डिस्टेंस ऐसे लोग कोई अपराधी नहीं हैं बल्कि वायरस के संभवित पीडितभर हैं इन लोगों ने दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारेंटाइन में रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखना ही है लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुरक्षित दूरी का मतलब सामाजिक संपर्क खत्म करना नहीं है श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में यही हिन्दुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा आज हर भारतीय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंद है लेकिन आने वाले समय में यही हिन्दुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा देश को आगे ले जायेगा आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए सुरक्षित और सावधान रहिए हमें ये जंग जीतना है जरूर जीतेंगे

पादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से आये लोगों के लिये भोजन और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का इंतजाम करने के अधिकारियों को निर्देश दिये है मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सभी लोगों के नाम पते एवं अन्य जानकारियों से संबंधित सूची जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है उन्होंने अधिकारियों से इन लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी लोग आ गये है या पहले से रह रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को घर सुरक्षित वापस लाना हमारी शीर्ष वरीयता में हैं मूख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी निजी संस्थानों के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने तथा हर गरीब मजदूर को मदद देने के लिये राज्य सरकार दिनरात काम कर रही है प्रदेश की सीमा पर फंसे हजारों मजदूरों तथा उनके परिवारों को बसों द्वारा उनके गांव सुरक्षित भेजने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने सराहना की है श्री पाल ने कहा कि प्रदेश के जिस जनपद में मजद्रों की बसें पहुंच रही है उस जिले की सीमा पर डॉक्टरों की टीम द्वारा एक एक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप करने के बाद ही उन्हें उनके गांव जाने दिया जा रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा है कि देश के पास तीन सप्ताह की पूर्णबंदी के बाद भी इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में पेट्राल डीजल और रसोई गैस उपलब्ध है कोरोना से बचाव तथा इससे संक्रमित लोगों की मदद के लिये प्रदेश के चौबीस हजार लेखपालो ने अपने एक दिन का वेतन साढ़े तीन करोड़ रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी किसानों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खेती बाड़ी और इससे संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है इससे फसलों की बुआई और कटाई बिना किसी व्यवधान के हो सकेगी देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से केन्द्रीय कृषि मंत्रो नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की समस्याओं पर लगातार निगाह रखे हुए हैं